केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश करते हुए बजट को गांव किसान और गरीब पर केन्द्रित बताया प्रदेश में कई स्थानों पर मानसून की बारिश बांसवाडा में तेज बारिश के बाद नदी नाले और तालाब लबालब

उन्होंने कहा कि इस बजट से लोगों का जीवन आसान होगा बजट में गांव और गरीब के कल्याण पर ध्यान दिया गया है आज के बजट को ग्रीन बजट बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया बनाने में ये बजट अहम साबित होगा

बजट में सस्ता घर खरीदने पर छूट की घोषणा की गई है

इन्कम टैक्स रिटर्न भरने के लिये अब यदि किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वह आधार का भी उपयोग कर सकेगा अमीरों पर टैक्स बढा दिया गया है

वहीं पांच करोड से ज्यादा और सात करोड की आमदनी पर सात प्रतिशत ज्यादा टैक्स लगेगा बजट पेश करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार मजबूत देश के लिये मजबूत नागरिक के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है उन्होंने इस बार के बजट को गांव किसान और गरीब पर केन्द्रित बताया उन्होंने वन नेशन वन ग्रिड की धारणा के साथ गैस ग्रिड बनाने का ऐलान किया इसी के साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हाईवे ग्रिड सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने पानी ग्रिड भी बनाने की घोषणा की

इसके लिये रेलवे में निजी भागीदारी बढाई जायेगी उन्होंने मेक इन इंडिया को महत्व देते हुए कहा कि सरकार उद्योगों का मुनाफा बढाने के पक्ष में है क्योंकि उद्योग ही देश के लिये पूंजी का निर्माण करते है उन्होंने कहा कि छोट और मझौले उद्योगों के लिये जल्द ही पैकेज की सुविधा शुरू की जायेगी खुदरा दुकानदारों के लिये पेंशन योजना लाई जायेगी इससे करीब तीन करोड छोटे कारोबारियों को पेंशन की सुविधा मिल पायेगी

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में निजी निवेश पर भी जोर देने का प्रस्ताव किया बजट में भारत को उच्च शिक्षा का हब बनाने की घोषणा भी की गई इसके लिये स्टडी इन इंडिया नाम का नया कार्यक्रम लाया जायेगा इसके तहत भारत में उच्च शिक्षा में विदेशी छात्रों को लाने के लिये प्रेरित किया जायेगा देश में शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों को इसके लिये चार सौ करोड रूपये दिये जायेंगे

उन्होंने खेलो के विकास के लिये बोर्ड बनाने की घोषणा की

वित्त मंत्री ने किराये के मकानों के लिये आदर्श किराया कानून लाने की घोषणा की देश में स्टार्टअप के लिये नया टीवी चैनल खोलने की घोषणा की गई ये चैनल स्टार्टअप क्षेत्र के लोग ही चलायेंगे

उन्होंने कहा कि भारत में नारी से नारायणी यानी महिला सशक्तिकरण के तहत देश के विकास में महिलाओं की सहभागिता बढाने के सुझाव देने के लिये एक समिति गठित की जायेगी महिलाओं के नेतृत्व में योजनाए चलाई जायेगी इसके तहत जनधन खाते में महिलाओं को पांच हजार रूपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी जबकि मुद्रा योजना से उन्हें एक लाख रूपये तक के ऋण दिये जा सकेंगे

बजट में एक दो पांच दस और बीस रूपये के नये सिक्के जारी करने की भी घोषणा की गई

मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट तथा न्यायाधीश डॉपुष्पेंद्रसिंह भाटी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों में आधारभूत सुविधाओं की भारी कमी है मुख्य न्यायाधीश ने पिछले दिनों अलवर भरतपुर प्रतापगढ़ ड्रंगरपुर और राजसमंद जिलों में स्थित जिला न्यायालय परिसरों का निरीक्षण किया था

पुलिस उसकी तलाश कर रही है

कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने अधिकारियों के साथ वीडियो कांफेंस के दौरान ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र के जिला कलेक्टर टिड्डी चेतावनी संगठन और अधिकारी मिलकर टिड्डी नियंत्रण के कामकाज पर नजर रखे गोरतलब है कि सीमावर्ती बाडमेर और जैसलमेर जिले टिड्डी से ज्यादा प्रभावित है जबकि जालोर में भी दो दिन पहले टिड्डी दल देखा गया था जिसे नियंत्रित कर लिया गया है

मोटरसाईकिल के तेज रफ्तार में होने की वजह से हादसा हुआ

दौसा और इसके आसपास के इलाकों में कल देर रात तक बारिश का दौर जारी रहा इससे निचले इलाकों में पानी भर गया मौसम विभाग ने मानूसन के आज जयपुर पहुंचने की संभावना भी जताई है